प्रदेश में अब लोगों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया

इनमें दो महिला भी शामिल हैं सभी तेरह मरीज कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र के रहने वाले हैं नए मरीजों को मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब इकतीस हो गई है वहीं इनमें से दस मरीजों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि इक्कीस मरीजों का अभी इलाज चल रहा है मिली जानकारी के मुताबिक कल देर रात आई रिपोर्ट से कटघोरा इलाके में सात और फिर आज छह कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई इन सभी मरीजों को होम क्वारेंटाइन में रखा गया था जिनकी जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई इसके पहले भी कटघोरा में नौ कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे जिला प्रशासन ने कटघोरा क्षेत्र को पूरी तरह से लॉकडाउन कर रखा है साथ ही कटघोरा के सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं

वहीं जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है कटघोरा इलाके में कोरोना संक्रमित नए मरीज पाए जाने के बाद सरगुजा और सूरजपुर जिले के गांवों में भी मुनादी कराकर हाल ही में कटघोरा या कोरबा समेत बाहर से आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है सरगुजा रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने बताया कि पुलिस जवान जंगल और नदी के रास्तों से आने जाने वाले लोगों पर भी निगरानी रख रहे हैं वहीं राजनांदगांव कलेक्टर जेपी मौर्य ने बताया कि तबलीगी जमात के लोगों ने जिले में आने जाने वाले समी सदस्यों की जानकारी प्रशासन को दे दी है जिले में कृल जमातियों की संख्या चार सौ उनसठ है इनमें से इकतीस जमाती एक मार्च के बाद जिले में आए हैं जिले में विदेश से आने वाले लोगों को अपनी टैवल डिस्टी की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे लोगों की निगरानी और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद में फंसे गंडई के छह लोग पैदल यात्रा करते हए राजनांदगांव पहंच गए जिन्हें नया बस स्टैंड स्थित रैनबसेरा में ठहराया गया है इस बीच कोंडागांव जिले में भी तबलीगी जमात के लोगों की पहचान की जा रही है कलेक्टर नीलकंठ टीकाम ने जिले में हाल ही में बाहर से आए तबलीगी जमात के लोगों को अपने प्रवास के बारे भें जानकारी देने को कहा है इधर कोरबा से रायगढ़ लौटे चार लोगों और यूके से लौटे एक व्यक्ति के सैंपल को भी जांच के लिए मेजा गया है

इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता दीदी घर घर जाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं राजनांदगांव शहर में भीड़ को कम करने के लिए अब हर वार्ड में चौदह अप्रैल से सब्जी पसरा लगाया जाएगा कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर गुरूद्वारा श्री गुरूसिंह सभा राजनांदगांव द्वारा कल तेरह अप्रैल को खालसा पंथ स्थापना पर्व बैशाखी पर कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जाएगा वहीं भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव ने पचास परिवारों के लिए राशन दान कर डोनेशन ऑन व्हील्स की शुरूआत की उन्होंने नगर निगम को ग्यारह हजार रूपये की राशि भी प्रदान की शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग की एनएसएस इकाई द्वारा लोगों को मास्क का वितरण किया गया नगर पालिका परिषद बालोद द्वारा पूरे शहर को सैनिटाईज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि शहर की सफाई के बाद सैनिटाईज का कार्य किया जाएगा महासमुंद जिले में आज ईस्टर की प्रार्थना करने गिरिजाघर पहंचे उनतालीस लोगों को पुलिस ने धारा एक सौ चवालीस का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया है

इनमें से एक सौ छियासी लोगों का होम आईसोलेशन और क्वारेंटाइन की अवधि पूरी हो चुकी है शेष तेईस लोगों को होम आईसोलेशन में रखा गय है जिले में अन्य राज्यों से आए लोगों को भी होम आईसोलेशन में रखा गया है और उनकी सतत् निगरानी की जा रही है इधर कबीरधाम जिले के धवईपानी गांव के पास दिल्ली से आंधप्रदेश जा रहे बस में सवार सैंतीस लोगों को पुलिस द्वारा रोका गया उधर नारायणपुर जिले में ओरछा विकासखंड के अबूझमाड़ इलाके में आदिवासी कोरोना से बचाव के प्रति बेहद जागरूक सजग और सतर्क हो गए हैं मितानिनों द्वारा स्थानीय भाषा में कोरोना और अन्य बीमारियों के बचाव के बारे में लोगों को समझाइश भी दी जा रही है इधर कोरिया जिला प्रशासन ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है यहां जिला मुख्यालय की दुकानों को कल सैनिटाईज किया गया

केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपूर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में चर्चा की गई बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने के मद्देनजर विभिन्न विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की गई मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल मुख्यमंत्रियों के साथ हई चर्चा की जानकारी कैबिनेट को दी श्री बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के संबंध में समी मंत्रियों से महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे तथा इन आदेशों का कडाई से पालन करना होगा मुख्यमंत्री ने बैठक में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों ग्रामीणों को रोजगार कृषि से जुड़ी तैयारियों और पेयजल की स्थिति की समीक्षा की साथ ही उन्होंने सड़क पुल पुलियों के कार्य भी शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए बैठक में कृषि कार्यों के लिए मजदूरों तथा फसलों की कटाई के लिए उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों को नहीं रोके जाने के भी निर्देश दिए गए इसके अलावा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदेश के भीतर आवागमन शुरू करने पर भी विचार किया गया

स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क लगाना या किसी कपर्ड से चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है इस होम मेड मास्क या फेस कवर को साबून से धोकर दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है मास्क या फेक कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा रूमाल दपटटा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते मुंह और नाक पूरी तरह ढका हो राज्य सरकार ने कहा है कि मास्क नहीं लगाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी कोरोना पुलिस सहायता कोरोना वायरस के खिलाफ तैयारियों का परीक्षण करने के लिए आज जगदलपुर में पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा मॉकड्रिल किया गया

दूर्ग जिले में लॉकडाउन के दौरान स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जरूरतमंदों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री के वितरण के पहले स्थानीय नोडल अधिकारियों से स्वीकृति लेनी होगी

संगीत के साथ पाम्पलेट बांटकर और पलैग मार्च कर पुलिस के जवान लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं कोरोना दावा कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यदि खांसी या बिना किसी परेशानी के कोई व्यक्ति दस सैकेंड या उससे अधिक समय तक सांस रोक ले तो इसका मतलब वह कोरोना वायरस से मुक्त है पत्र सूचना कार्यालय ने टवीट कर इस दावे को भ्रामक बताते हुए कहा है कि यह सही नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम है तो उसे वायरस का संक्रमण नहीं है

कोरोना एलआईसी पीपीएफ भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए खाताधारकों की कठिनाइयां कम करने के उद्देश्य से मार्व और अप्रैल के प्रीमियम के भगतान के लिए तीस दिने का अतिरिक्त समय एलआईसी ने कहा कि अब फरवरी महीने का प्रीमियम पन्द्रह अप्रैल तक जमा कराया जा सकेगा

बैठक में लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस की भूमिका और कार्यकारिणी के दायित्वों पर चर्चा की गई साथ ही जरूरतमंदों की मदद के लिए कांग्रेस द्वारा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव सोशल मीडिया की राष्ट्रीय प्रमुख रूचिरा चतुर्वेदी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद थे हत्या बलौदाबाजार और सरग्जा जिले में पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच लोगों की हत्या का मामला सामने आया है बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र के छेरकाडीह गांव में बीती रात एक ही परिवार के तीन लोगों की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक तथा डॉग स्क्वाड की मदद से घटना की जांच में जुट गई पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है वहीं अंबिकापुर में भी दो कारोबारियों की हत्या कर दी गई दो दिन पहले से ये दोनों लापता थे आईजी रतनलाल डांगी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में एक की गोली मारकर और दसरे की चाक से हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है

बताया गया है कि संपत्ति विवाद के चलते दोनों कारोबारियों की हत्या कर उसके शव को आरोपियों द्वारा घर में ही दफना दिया गया था इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है संक्षिप्त समाचार आज द्रनियाभर में ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है यह दिवस ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाता है गूड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढाया गया था राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बघाई दी है महासमुंद जिले के बंदोरा और खिरसाली गांव के आसपास करीब दो दर्जन हाथियों का दल पहुंचा हुआ है हाथियों र्न क्षेत्र में रबी की फसलों को भी नुकसान पहंचाया है